पहले घंटे में औसतन चार प्रतिशत से अधिक मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों झंझारपुर अररिया सुपौल मधेपुरा और खगड़िया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है इन निर्वाचन क्षेत्रों में नवासी लाख से अधिक मतदाता पांच महिला प्रत्याशियों समेत बयासी उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे मतदान के लिए नौ हजार छिहत्तर मतदान केन्द्र बनाये गये हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है मतदान कोन्द्रों पर युवा महिला बुजुर्ग और दिव्यांग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है मतदान को लेकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है मौसम सुहावना होने के कारण बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं अररिया में हो रही तेज बारिश के कारण मतदान प्रभावित हुआ है पहले घंटे के मतदान के बाद औसतन चार प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है खगड़िया और मधेपुरा में सबसे अधिक पांच पांच प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वहीं झंझारपुर में साढ़े चार सुपौल में चार और अररिया में तीन प्रतिशत मतदान की खबर है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के हसनपुर इलाके में पोलिंग बूथ संख्या अड़तीस और उनतालीस के कुछ मतदाताओं ने कहा कि वे विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने आये हैं

इन दिग्गजों के अलावा सन ऑफ मल्लाह के नाम से लोकप्रिय विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जदयू के दिलेश्वर कामत लोजपा के महबूब अली कैसर भाजपा के प्रदीप सिंह राजद के सरफराज आलम जदयू के रामप्रीत मंडल और राजद के गुलाब यादव भी किस्मत आजमा रहे हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं उनसठ हजार कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है दियारा क्षेत्रों में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है लगभग तीन हजार संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर माईक्रो ऑब्जर्वर तैनात किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सौ बासठ मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जा रहा है श्री सिंह ने बताया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णियां खगड़िया और सहरसा में एक एक हेलीकाप्टर को तैयार रखा गया है वहीं पटना में एक एयर एम्ब्रेलंस को भी अलर्ट पर रखा गया है खगड़िया के नक्सल प्रभावित सिमरी बख्तियारपुर अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो जायेगी शेष अन्य मतदान कोन्द्रों पर शाम के छह बजे तक मतदान होगा इधर चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है मतदान प्रक्रिया खत्म होने तक दोनों ओर से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है तीसरे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शुन्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शुन्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है उन्होंने विशेष कर युवा और पहली बार मतदान कर रहे वोटरों से उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने को कहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है इस चरण के तहत वात्मिकीनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में बारह मई को मतदान होना है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी वहीं छब्बीस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार करने पर बहत्तर घंटे के लिए रोक लगा दी है कटिहार में एक संप्रदाय विशेष को लेकर दिये गये बयान के मामले में आयोग ने श्री सिद्धू को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाते हुए यह कार्रवाई की है मौसम विभाग ने पूर्णिया अररिया और सुपौल पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी और दरभंगा में अगले दो से तीन घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गयी है

पटना अरवल पूर्वी चंपारण भोजपुर और आस पास के क्षेत्रों में ब्रंदाबांदी के कारण मौसम सुहावना हो गया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे चरण के चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है दो पार्टी अध्यक्षों की पहली अग्निपरीक्षा वायनाड से राहुल और गांधीनगर से शाह का फैसला होगा दैनिक भास्कर ने लिखा है तीसरा चरण बिहार की पांच समेत पन्द्रह राज्यों के एक सौ सोलह सीटों पर आज पड़ेंगे वोट दैनिक जागरण की सुर्खी है कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेद जताया कहा मेरे बयान को गलत ढंग से किया गया प्रचाारित प्रभात खबर ने श्रीलंका में हुए विस्फोटों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है कोलंबो में एक और धमाका श्रीलंका में इमरजेंसी लागू

पहले घंटे में औसतन चार प्रतिशत से अधिक मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार